मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिन की दिल्ली यात्रा के बाद आज भोपाल लौट आये हैं उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित अन्य नेताओं से सलाह मशविरा किया वहीं मध्यप्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भी आजकल में भोपाल आने की संभावना है उधर गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा विस्तार को लेकर दिल्ली में हैं मंत्रिमण्डल विस्तार के लिए अब तक अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि एक दो दिन में मंत्रिमण्डल का विस्तार किया जा सकता है मोदी संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चार बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे

उधर टीकमगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जिसे देखते हुए कलेक्टर ने रविवार को पुर्ण रूप से लाक डाउन कर दिया है

हवाई अड्डे के निदेशक अर्यमा सान्याल ने बताया कि यात्रियों की हवाई अड्डे पर जांच की गई और उनके सामान को प्रोटोकॉल के अनुसार साफ कर दिया गया इनमें से ज्यादातर छात्र मध्यप्रदेश के थे

इन एप पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज दिये